उच्च न्यायालय ने राज्य में दष्कर्म की बढ़ती घटनाओं को लेकर राज्य सरकार से मांगा जवाब जोधपुर और बीकानेर में आतंकी हमले की धमकी के बाद कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्थाएं जोधप्र और बीकानेर रेलवे स्टेशन पर सघन जांच आज बुद्ध पूर्णिमा पर पुष्कर सरोवर में बड़ी संख्या में श्रद्वालु लगा रहे हैं डुबकी

इस चरण में सात राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के उनसठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कल मतदान होना है इसमें पश्चिम बंगाल के शेष नौ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव भी शामिल हैं जहां प्रचार एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया था

स्ट्रडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का विश्लेषण करेंगे इस कार्यक्रम को आकाशवार्णी के एफ एम गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकेगा

वे उत्तराखंड की दो दिन की यात्रा पर हैं श्री मोदी केदारनाथ में पूजा अर्चना के साथ विशेष ध्यान लगाएंगे वह केदारपुरी में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे केदार्नाथ धाम में रात्रि विश्राम के बाद दिल्ली लौटने से पहले वे कल बद्रीनाथ भी जाएंगे

पंजगाम में सुरक्षाबलों के तलाशी अभियान और घेराबंदी के बाद गोलीबारी शुरू हुई इस गांव में छिपे आतंकियों ने सैनिकों पर गोलियां चलाईं राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि इस इलाके में एक या दो आतंकवादी छिपे हैं

पत्र मिलने के बाद इन स्थानों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है जीआरपी और रेलवे पुलिस बल ने कल जोधपुर रेलवे स्टेशन पर रेल गाडियों के साथ यात्रियों और सामान की सघन जांच की हालांकि कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला धमकी भरे पत्र में बीकानेर रेलवे स्टेशन पर भी हमले का उल्लेख किया गया है इसे देखते हुए जीआरपी की एसपी ममता बिश्नोई ने अलर्ट जारी कर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म बुकिंग खिड़की और चलती ट्रेनों खासकर स्पेशल रेल गाड़ियों में हथियारों से लैस होकर गश्त लगाने के आदेश दिए हैं

अदालत ने राज्य के पुलिस महानिर्देशक को शपथ पत्र देकर यह स्पष्ट करने को कहा है कि द्वष्कर्म के मामलों में पुलिस ने क्या कार्रवाई की

पीड़िता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अस्पताल पहुंचे पुलिस मामले की जांच कर रही है

उधर दौसा जिले के मेडोली गांव में कल प्रशासन ने एक बाल विवाह को रूकवाया और परिजनों को विवाह ना करवाने के लिए पाबंद किया

प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों और वनों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिक यह कार्य कर रहे हैं वन्यजीवों की गणना वॉटर होल्स के जरिए की जा रही है वन्यजीव प्रेमी उम्मीद कर रहे हैं कि इस वर्ष प्रदेश के वन्यजीवों की संख्या में बढ़ोत्तरी देखी जाएगी

इन राज्यों में जलाशयों में पानी बहुत कम रह गया है केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य एस के हल्दार ने बताया कि तमिलनाडु को इस बारे में कल सूचित किया गया जबकि अन्य राज्यों को पिछले सप्ताह परामर्श जारी कर दिए गए थे

देशभर में यह पर्व पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाए दी है

श्रद्वालुओं ने स्नान के बाद ब्रहमा मंदिर सहित अन्य मंदिरों के दर्शन कर दान पुण्य किया इस मौके पर गरीबों को भोजन कराया गया और गायों को चारा डाला गया

दुनियाभर में इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है यूरोप में आज सभी संग्रहालय रात भर खुले रहेंगे राज्य में भी इस दिन को धूमधाम से मनाया जा रहा है आज प्रदेशभर के स्मारकों और संग्रहालयों में निःशुल्क प्रवेश किया जा सर्केगा जयपुर के अल्बर्ट हॉल में लोग निशल्क म्यूजियम देख सकेंगे इस दौरान सैलानियों का पारम्परिक तरीके से स्वागत किया जाएगा आज शाम अल्बर्ट हॉल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है इस दिन जयपुर के चैम्बर भवन स्थित म्यूजियम ऑफ जैम एंड जूलरी में भी आगंतुक निशुल्क प्रवेश कर सकेंगे इसके लिए उन्हें पहचान पत्र साथ लाना होगा यहां पर्यटक सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक प्रवेश कर सकेंगे

ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया

लुई ब्रेल दृष्टिहीन विकास संस्थान की ओर से आज से तीन दिन की यह प्रतियोगिता जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होगी इस प्रतियोगिता में प्रदेश की छः टीमें भाग ले रही हैं